श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में अनेक गण्यमान्य लोगों ने नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी कांग्रेस नेता गुलाम नवी आजाद और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री विजय गोयल श्रद्वांजलि देने वालों में शामिल थे नेताजी की जन्मस्थली ओडिसा के कटक में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लालकिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय में नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ी कई वस्तुएं रखी हुई हैं इनमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्ती और तलवाए पदक वर्दी के अलावा अन्य प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं

दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा है कि भारत के समृद्व इतिहास और संस्कृति से संबंधित इन चार संग्रहालयों का उदघाटन उनके लिये विनयपूर्ण है उन्होंने कहा कि संग्रहालयों का समूवा परिसर क्रांति मंदिर के रूप में जाना जाएगा श्री मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस और आजाद हिंद फौज इस क्रांति मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं

सम्मेलन में पांच हजार से अधिक भारतीय मूल के प्रवासियों ने भाग लिया राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ आज देर शाम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन संपन्न हो गया एक रिपोर्ट आज विदेश मंत्रालय की ओर से विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले प्रवासी कामगारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराने वाली एक हेल्प्रवक जारी की गई बड़ी संख्या में प्रवासियों ने चर्चा पत्रों में हिस्सा लिया जिसकी अध्यक्षता विदेश राज्यमंत्री रिटायर्ड जनरल डॉ वी के सिंह ने की संकट में फसे प्रवासी भारतीयों के कल्याण में भारतीय सामुदायिक संस्थाओं का योगदान विषय पर आयोजित चर्चा के दौरान विदेश में मौजूद भारतीय संगठनों से जुड़े प्रवासियों ने अपने अनुभव साझा किए और बहुमूल्य सुझाव दिए कि कैसे मुश्किल में फत्ते भारतीयों की मदद की जा सकती है बड़ी संख्या में प्रवासियों ने कचरा प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सरकारी नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के संबंध में अपने सुझाव भी दिए आज दोपहर बाद भारत में साइबर सिक्युरिटी के विकास पर भी संवाद आयोजित किया जायेगा सुशील चन्द्र तिवारी आकार्रवाणी समाचार वाराणसी समारोह संपन्न होने के बाद सभी प्रवासी भारतीय कल कुंभ मेले के लिए प्रयागराज जाएंगे और छब्बीस जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे

ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया है वरिष्ठ पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद हरियाणा के महासचिव होंगे केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव का कार्यमार दिया गया है पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये नियुक्तियां की हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता संबेत पात्रा ने प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तरप्रदेश का महासचिव नियुक्त किये जाने पर बधाई दी हैं मीडिया के साथ बातचीत में श्री पात्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी की नियुक्ति से ये संकेत मिलता है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हर मोर्चे पर विफल रहे हैं

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कल बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल रात से रूक रूक कर बारिश हो रही है गोरखपुर सहित कई जिलों में आज तड़के गरज चमक के साथ वर्षा हुई वर्षा का क्रम आज दोपहर तक जारी रहा कई जिलों में खराब मौसम के चलते कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिये गये हैं कृषि वैज्ञानिकों ने इस बारिश को गेहूँ चना मटर मसूर और गन्ने की फसलों के लिये लाभकारी बताया है उधर प्रशासन ने लोगों को ठंड से राहत देने के लिये जगह जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है और जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े भी वितरित कराये गये हैं